मंत्रालय ने कहा है कि इस मिशन को लागू करने के लिए चालू वर्ष में राज्यों को आठ हजार करोड़ से अधिक की राशि उपलब्ध करायी गयी है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज शिमला से वीडियो कांफ्रैंस के माध्यम से केन्द्रीय उर्जा मंत्री पीयूष गोयल और जल शक्ति मंत्री के साथ बैठकों में हिस्सा लेंगे इसके अलावा सीएसआईआर के स्थापना दिवस पर भी मुख्यमंत्री वीडियो कांफैस के ज़रिए शामिल होंगे

प्रवक्ता ने बताया कि यात्रा के दौरान शारीरिक दूरी रखनी आवश्यक होगी और किसी भी यात्री को बस में खड़े रह कर यात्रा की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि पंचवटी योजना गांवों की सूरत को और निखारने में मददगार होगी इस योजना के तहत प्रदेश में पार्क और बगीचे बनाए जाएंगे जहां हर उम्र के लोगों के लिए फिटनेस और मनोरंजन से जुड़ी सुविधाएं मुहैया होंगी वे कल मंडी में विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने कोरोना महामारी से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रोहतांग सुरंग को लेकर मुख्यमंत्री के बयान को अमर उजाला और आपका फैसला ने एक जैसी सुर्खी दी है सितंबर के पहले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अटल टनल का उद्घाटन जबकि दिव्य हिमाचल हिमाचल दस्तक और दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है सितंबर में समर्पित होगी अटल सुरंग पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण दिल्ली पहुंचा एनआईटी हमीरपुर का मसला शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है अनुराग ठाकुर ने भ्रष्टाचार के आरोपों और गिरती रैंकिंग की जांच की उठाई मांग